मुख्यमंत्री संदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहरों में लॉकडाउन का निर्णय लेना पड़ा है उन्होंने सभी लोगों से लॉकडाउन को गंभीरता से लेने की अपील की है उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है लेकिन सुरक्षा और बचाव के लिए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन से बचा नहीं जा सकता श्री बघेल ने कहा कि राज्य में फिलहाल प्रतिदिन पांच हजार से अधिक सैंपलों की जांच हो रही है इसे बढ़ाकर जल्द ही दस हजार तक करने का लक्ष्य है मुख्यमंत्री आज प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण अन्य राज्यों के मुकाबले नियंत्रण में जरूर है लेकिन पिछले कुछ दिनों से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है यह सब अनलॉक के दौरान सावधानी और बचाव के उपाय नहीं अपनाने के कारण हुआ है श्री बधेल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की रिकवरी दर बेहतर होने के साथ ही मृत्युदर भी काफी कम है उन्होंने कहा कि आम जनता के सहयोग से कोरोना संक्रमण से बचाव की दिशा में और बेहतर काम किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के चिकित्सक पूरे समर्पण के साथ कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं राज्य के आठ क्षेत्रीय और बाईस जिला अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है सभी अस्पतालों में मास्क पीपीई किट ट्रिपल लेयर मास्क वीटीएम और जरूरी दवाइयों के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं मुख्यमंत्री ने ईद और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि त्यौहार मनाते समय लॉकडाउन के नियमों का ध्यान रखें घर परिवार के लोगों के साथ ही यह पर्व मनाएं लॉकडाउन लॉकडाउन के दौरान रायपुर में ईद और रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए राशन और किराना दुकाने अब कल और परसों यानि इकतीस जुलाई और एक अगस्त को भी खोली जाएंगी इन दुकानों को सिर्फ सुबह छह बजे से दस बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी उधर कोंडागांव जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन छह अगस्त तक बढ़ा दिया गया है इस दौरान अंतर जिला और अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए ई पास लेना अनिवार्य होगा वहीं तीन जुलाई तक किराना मिठाई और सब्जी की दुकानों को सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक खोलने की छूट दी गई है चार अगस्त से जिले में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा शासकीय कर्मचारियों को घर में रहकर ही काम करने को कहा गया है पेयजल बिजली मेडिकल और दूरसंचार की सेवाएं जारी रहेगी बैंक भी सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए संचालित किए जाएंगे इसी तरह संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में भी कल से छह अगस्त तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान नगर पालिक निगम जगदलपुर और नगर पंचायत बस्तर क्षेत्र की सभी दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान और साप्ताहिक बाजार हाट बंद रहेंगे इस बीच जांजगीर चांपा जिले के शहरी क्षेत्रों में चौबीस जुलाई से जारी लॉकडाउन को आगामी छह अगस्त तक बढ़ा दिया गया है उधर राजनांदगांव नगरीय निकाय क्षेत्र को बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण आगामी छह अगस्त तक कंटेमेन्ट जोन घोषित कर दिया गया है इस दौरान सभी व्यावसायिक संस्थान सुबह छह बजे से दोपहर बारह बजे तक संचालित किए जा सकेंगे वहीं मुंगेली में कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स के आग्रह पर लॉकडाउन में छूट देते हुए मिठाई किराना राखी और कपड़े की दुकानों को कल से तीन अगस्त तक सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति दी है इसी तरह बालोद में भी दो दिनों के लिए राखी सहित सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है ये दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे तक खोली जा सकेगी ईद रक्षाबंधन अपील इस बीच राज्य सरकार ने लोगों से ईद और रक्षाबंधन का पर्व घरों में रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए मनाने की अपील की है रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन और पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने इस संबंध में संयुक्त अपील जारी की है उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है उसे नियंत्रित करने के लिए सभी ऐहतियाती उपाय अमल में लाया जाना जरूरी है ऐसे में ईद और रक्षाबंधन का पर्व सादगी से मनाया जाए उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा जारी अपने पत्र में लॉकडाउन के चलते नियमों का पालन करते हुए ईद का त्यौहार सादगी से मनाए जाने की अपील की गई है वक्फ बोर्ड के पत्र के अनुसार इस बार ईद पर ईदगाहों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी वहीं फजर के तुरंत बाद ईद उल अजहा अदा कर ली जाएगी मस्जिदों में मुतवल्ली समेत अधिकतम पांच लोगों को ही नमाज अदा करने की इजाजत होगी बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि ईद मिलन के कार्यक्रम नहीं होंगे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन करना होगा वक्फ बोर्ड द्वारा जारी अपील प्रदेश की सभी मस्जिदों ईदगाह और मदरसों के लिए है

इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिलों के कोविड केयर सेंटर्स में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए साथ ही राजनांदगांव बिलासपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेजों में आरटी पीसीआर जांच की सुविधा जल्द ही शुरू करने के निर्देश दिए मुख्य सचिव ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए वहीं मुख्य सचिव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान गोधन न्याय योजना की भी समीक्षा की उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि गोबर बेचने वाले और अन्य हितग्राहियों को पन्द्रह दिन के भीतर अनिवार्य रूप से भुगतान सुनिश्चित किया जाए और पांच अगस्त को पहला भुगतान कर दिया जाए गौरतलब है कि गोबर बेचने वालो को बैंक खाता खोलने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही सभी गौठान समितियों को भी सहकारी बैंक में अनिवार्य रूप से खाता खोलने के लिए कहा गया है

श्री जोशी कल सुबह रेलवे के उच्च अधिकारियों की बैठक लेंगे इसके बाद वे साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड एसईसीएल के सीएमडी और निदेशकों के साथ बैठक कर कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करेंगे केन्द्रीय मंत्री कल दोपहर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात करेंगे रायपुर प्रवास के दौरान श्री जोशी का स्पंज आयरन और स्टील उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ भेंट मुलाकात का भी कार्यक्रम है राशन कार्ड खाद्यान्न वितरण प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन होने से जो राशन कार्डधारी जुलाई में खाद्यान्न नहीं ले पाए हैं वे अगस्त में जुलाई का भी खाद्यान्न ले सकेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से शक्कर चना नमक आदि का वितरण अगस्त माह की राशन सामाग्रियों के साथ किया जाएगा रेल इंजन ट्रायल कांकेर जिला के अंतागढ़ में आज केवंटी से अंतागढ़ तक रेल लाइन का कार्य पूरा होने के बाद पहली बार रेल इंजन का ट्रायल किया गया गौरतलब है कि दल्लीराजहरा रावघाट जगदलपुर परियोजना के तहत कुल दो सौ पैंतीस किलोमीटर तक रेल लाइन बिछाने का कार्य रेलवे सेल और एनएमडीसी के संयुक्त प्रयास से हो रहा है वर्तमान में दल्लीराजहरा से केवंटी तक लगभग बयालीस किलोमीटर की दूरी में यात्रियों को रेल सुविधा दी जा रही है अब इसी रेललाइन का विस्तार सत्रह किलोमीटर और अंतागढ़ तक कर दिया गया है सोंढूर बांध गेट धमतरी जिले में नगरी ब्लॉक के सोंद्र बांध में पानी की आवक को देखते हुए बांध के पांचों गेट खोल दिए गए हैं क्षेत्र में अच्छी बारिश होने की वजह से बांध भर गया है जिसके कारण कल सुबह बांध के सभी गेट खोल दिए गए इससे पहले बांध के किनारे बसे सभी गांवों को अलर्ट कर दिया गया था सड़क दुर्घटना धमतरी जिले में आज शाम दो मोटर साइकिलों की भिंड़त में तीन लोगों की मौत हो गई वहीं चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं यह दुर्घटना नगरी क्षेत्र के आमगांव वन और बहीगांव के बीच हुई है दुर्घटना में मरने वालों में एक पिता पुत्र भी शामिल हैं पुलिस के अनुसार इनमें से एक मोटर सायकल में चार लोग तो वहीं दूसरी मोटर साइकिल में तीन लोग सवार थे

इन आरोपियों में लक्ष्मण साव रमेश कुमार कश्यप और कुमारी लिंगे शामिल हैं इन पर माओवादियों को सहयोग करने का आरोप है इससे पहले अप्रैल दो हजार बीस में एनआईए की टीम ने दंतेवाड़ा से भीमा ताती और मड़का राम ताती को गिरफ्तार किया था गौरतलब है कि नौ अप्रैल दो हजार उन्नीस को माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में दंतेवाड़ा के तत्कालीन विधायक भीमा मंडावी सहित चार जवान शहीद हो गए थे इस घटना की जांच अब एनआईए कर रही है माओवादी गतिविधियां बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने माओवादियों द्वारा लगाया गया पांच किलो का आईईडी बरामद किया है पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि जांगला थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों की टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी इस दौरान जवानों ने ग्राम कोतरापाल के पास सड़क के अंदर लगाए गए पांच किलो के आईईडी को बरामद किया जिसे बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया वहीं इसी जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के तहत सुरनार के जंगल से आज सुरक्षा बलों की टीम ने एक लाख रूपए के एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है इसी तरह कुदुर थाना क्षेत्र के टुगेली के जंगल में तलाशी अभियान के दौरान जिला पुलिस बल की टीम ने बैनर पोस्टर लगाते हुए माओवादियों के चार सहयोगियों को गिरफ्तार किया है इधर दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने एक इनामी महिला माओवादी को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के मुताबिक अरनपुर थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों की टीम सर्चिंग के लिए निकली थी इस दौरान पोटाली के जंगल से पोदियो मंडावी नामक महिला माओवादी को गिरफ्तार किया गया इस पर एक लाख रूपए का इनाम घोषित था मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने और एक दो जगहों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका उत्तर पूर्व उत्तरप्रदेश से दक्षिण पश्चिम मध्यप्रदेश तक बनी हुई है इसके कारण प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है संक्षिप्त समाचार रायगढ़ पुलिस ने आगामी तीन अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पांच लाख मास्क बांटने का निर्णय लिया है

इसके तहत बच्चों को सामाजिक भवनों और वृक्षों के नीचे पढ़ाया जा रहा है

उनके पास से छह नग देशी कट्टा और तीन नग जिंदा कारतूस बरामद किया गया है कोरिया जिले के बैकंठपुर में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों और बिना मास्क के घूमने वाले छिहत्तर लोगों से आठ हजार चार सौ रूपए का जुर्माना वसूला गया

इससे एक जेसीबी और पांच मिनी ऑटो टिपर की खरीदी की जाएगी

वहीं तीन अन्य आरक्षकों को निलंबित किया गया है

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है

घायल चरवाहे को अस्पताल में भर्ती कराया है

आग के कारणों का पता नहीं चल सका है